भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिये लोगों से सुझाव लेने भारत के मन की बात मोदी के साथ अभियान की शुरूआत की

प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि विकास उनकी सरकार का प्रमुख लक्ष्य है लेकिन आतंकवाद का नामोनिशान खत्म करना भी सरकार की प्राथमिकता है

इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक से भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी रणनीति का खुलासा कर दिया है इससे स्पष्ट हो गया कि आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया जायेगा इस दौरान श्री मोदी ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान सहित कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी उन्होंने श्रीनगर में असम गुजरात हरियाणा ओडिशा महाराष्ट्र और तेलंगाना के विद्यार्थियों के साथ भी संवाद किया भाजपा अभियान भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनावों के लिए अपने घोषणा पत्र के लिए लोगों से सुझाव लेने आज से एक महीने तक चलने वाले अभियान भारत के मन की बात मोदी के साथ की शुरूआत की नई दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने अभियान की शुरूआत करते हुए कहा कि यह अभियान नये भारत के निर्माण के लिये है इस अवसर पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह विश्व में अपनी तरह का पहला अभियान होगा जिसके जरिए लोगों से विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा सहित अन्य मुद्दों पर सुझाव मांगे जाएंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने ट्विट संदेश में कहा कि लोकतंत्र में जनता की आवाज सबसे महत्वपूर्ण है इसलिये लोगों के सुझावों से पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र की रूपरेखा तैयार की जायेगी शिवराज आरोप पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार जनता से किये गये वादों को पूरा करने के बजाय समय काटने की कोशिश कर रही है ताकि वह कुछ दिन बाद आचारसंहिता का बहाना लेकर कामों से बच सके श्री चौहान ने आज भोपाल में पार्टी के सोशल मीडिया विभाग की प्रदेश स्तरीय बैठक में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गरीबों को स्वास्थ्य सुरक्षा देने के लिये आयुष्मान भारत जैसी बड़ी योजना लागू की है लेकिन राज्य सरकार इसे ठीक ढंग से लागू नहीं करना चाहती है हमारी सरकार द्वारा शुरू की गई राज्य बीमारी सहायता कोष बंद करके कांग्रेस सरकार लाखों लोगो के जीवन से खिलवाड़ कर रही है श्री चौहान ने प्रचार अभियान में सोशल मीडिया के इस्तेमाल को महत्वपूर्ण बताते हुए पदाधिकारियों से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाने का आहवान किया उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाकर पार्टी कार्यकर्ता विरोधियों को करारा जवाब दें जिला मांग कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने गुना जिले की चाचौड़ा तहसील को जिला बनाने की मांग की है विधायक श्री सिंह ने एक प्रतिनिधिमंडल के साथ मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुलाकात कर कल उन्हें एक ज्ञापन सौंपा

कुछ गांव जिला मुख्यालय से डेढ़ सौ मीटर तक दूर हैं ऐसे में ग्रामीणों को जिला मुख्यालय से संबंधित कार्यो के लिये काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है जिला बनने से चाचौड़ा के लोगों को काफी सुविधाएं मिल जाएंगी बंधक मुक्त मुरैना जिले के पर्वतपुरा गांव में ग्रामीणों द्वारा बंधक बनाये गये पुलिसकर्मियों को मुक्त कर दिया गया है हमारे संवाददाता ने बताया है कि गांव में अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त की जानकारी मिलने पर पुलिस टीम आरोपियों को गिरफ़तार करने के लिये गांव गई थी जब घर की तलाशी के दौरान पुलिस को कुछ नही मिला तो ग्रामीण नाराज हो गये और उन्होंने पुलिसकर्मियों को बंधक बना लिया सूचना मिलने पर जिला मुख्यालय से अतिरिक्त पुलिस बल भेजा गया पुलिस के दबाव के बाद ग्रामीणों ने बंधक बनाये गये पुलिसकर्मियों को चार घंटे बाद मुक्त कर दिया इस मामले में आठ नामजद सहित एक दर्जन लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है महिला कांग्रेस प्रदेश महिला कांग्रेस की बैठक आज पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हई इस बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रभारी ओनिका मल्होत्रा ने आरोप लगाया कि केन्द्र सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिये कोई ठोस कदम नहीं उठाये हैं उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक को पास कराने के लिये भी सरकार ने कोई पहल नहीं की है इससे भाजपा नीति सरकार की महिला विरोधी नीतियां उजागर हुई हैं बैठक में कांग्रेस की नीतियों को आम जनता तक पहुंचाने और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने की रूपरेखा भी तैयार की गई राष्ट्रीय सचिव लता भाटिया और प्रदेश अध्यक्ष मांडवी चौहान इस बैठक में विशेष रूप से मौजूद थी

वहीं मध्यप्रदेश से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत साढ़े तीन हजार से अधिक तीर्थयात्रियों को पहली बार शासन की ओर से कुंभ भेजा जायेगा

निमाड़ उत्सव संस्कृति मंत्री डॉ विजयलक्ष्मी साधौ कल खरगोन जिले के महेश्वर में तीन दिवसीय निमाड़ उत्सव का शुभारंभ करेंगी समारोह का उदघाटन सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक उदित नारायण के गायन से होगा

संयुक्त कलेक्टर सुरेश अग्रवाल ने हमारे संवाददाताओं को बताया कि पाले से हुई अरहर चना मटर और मसूर के साथ ही सब्जियों की फसल के नुकसान का सर्वे कराया गया था

जिसमें एक करोड़ की राशि उपलब्ध हो गई है निधन पूर्व सांसद और भारतीय जनता पार्टी की छतरपुर जिला इकाई के अध्यक्ष जितेन्द्र सिंह बुंदेला का आज नई दिल्ली में निधन हो गया वे साठ बरस के थे और लम्बे समय से उनका ईलाज चल रहा था श्री बुंदेला खजुराहो संसदीय क्षेत्र से सांसद और छतरपुर जिले की बिजावर विधानसभा सीट से विधायक भी रह चुके हैं उनका कल छतरपूर में अंतिम संस्कार किया जायेगा उनके निधन से समूचे बुंदेलखण्ड में शोक की लहर है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव सहित कई नेताओं व जनप्रतिनिधियों ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है

प्रादेशिक भाषाओं के चैनल भी इस नीलामी में शामिल हो सकते हैं

इसकी मुख्य थीम सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा होगी इस दौरान विभिन्न कार्यकमों के जरिए लोगों को सड़क और यातायात सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जायेगा इस सप्ताह में पुलिस परिवहन और यातायात विभागों की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी मौसम प्रदेश का मौसम आज शृष्क रहा

यहां दिनभर शीतलहर का प्रभाव रहा

जिसमें किसानों को नई तकनीक की जानकारी दी जायेगी